आज सुबह कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया को बताया कि श्री पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है उनके स्थान पर शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर तीनों मंत्रियों को बर्खास्त करने संबंधी पत्र दिया जिसे राज्यपाल ने तुरंत स्वीकार कर लिया राजभवन के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि पिछले छह माह से उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा था

दूसरी ओर सचिन पायलट गुट के नेता विश्ववेंद्र सिंह रमेश मीणा और दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने एक बयान जारी किया जिसमे कहा गया कि उन्होंने पार्टी के लिए निष्ठा से काम किया राजद्रोह और आपराधिक षड़यंत्र जैसे आरोप के तहत एसओजी द्वारा उनके नेता को दिये गये नोटिस पर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा बयान में कहा गया कि उन्हें किसी पद का मोह नहीं है बल्कि यह आत्मसम्मान की लड़ाई है वहीं श्री पायलट ने ट्वीट कर कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है पराजित नहीं वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी कांग्रेस में दिनभर हुए घटनाक्रम पर नजर बनाये रखी प्रदेश भाजपा कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें वर्तमान परिस्थितियों पर मंथन किया गया इसके बाद प्रतिपक्ष ने नेता गुलाब चंद कटारिया ने मीडिया से कहा कि सरकार ट्रट गयी है ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मंत्रिमंडल विस्तार से पहले विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना चाहिए उधर भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रोत ने एक बयान जारी कर कहा कि उनके साथ पुलिस की तीन से चार गाड़ियां लगी हैं और उन्हें एक तरीके से कैद कर रखा है इस बीच पुलिस ने दोपहर बाद सवाई माधोपुर दौसा करौली धौलपुर भरतपुर समेत कई इलाकों में अलर्ट जारी कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है आज दिन भर चले राजनीतिक घटनाकम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शाम साढे सात बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलायी है इसके बाद राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी

अलवर शहर में कोरोना महामारी को देखते हुए हर सप्ताह सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने का फैसला किया गया है

विश्वविद्यालय परिसर के सभी कार्यालयों और महाविद्यालयों को सेनेटाइज़ किया गया

इस दौरान सभी अधिकारियों कर्मचारियों को मास्क और सेनेटाइजर वितरित किए गए सभी कार्मिकों को आयुर्वेदिक काढा तथा होम्योपैथिक दवा भी दी गई

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं कक्षा का परीक्षा का परिणाम कल घोषित किया जाएगा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके परीक्षार्थियों ने श्भकामनाएं दी हैं

लिपिक ने एक व्यक्ति से मृत्यु क्लेम के तीन लाख रूपए पारित करवाने के लिए ये रिश्वत मांगी थी वहीं ब्यूरो ने सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में पटवारी प्रियंका भास्कर को दो हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ़तार किया है उसने सीमा ज्ञान की एवज में ये राशि मांगी थी

इसके अलावा उत्तरप्रदेश गुजरात और हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर भी नियंत्रण कार्य किया गया

राज्य में बांसवाड़ा डूंगरपुर और दौसा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है

ब्रंदी जिले में मुख्यालय के अलावा हिंडोली और केशोरायपाटन में बारिश हुई मौसम विभाग ने आज उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील श्रोताओं कोरोना से बचाव ही इसका सबसे कारगर उपचार है इसीलिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहने और दो गज की दूरी बनाए रखें बार बार हाथ धोयें या सेनेटाइजर से साफ करें